रिवर्स रेपो दर पहले की तरह तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत और रेपो दर चार प्रतिशत पर बरकरार रहेगी रिजर्व बैंक ने आज मुम्बई में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की

बसपा ने भी अपर्न करीब दो दर्जन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है

हालांकि चुनावी सभाओं में मास्क लगाना सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा केबिनेट पासवान केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उपमोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक व्यक्त किया है मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान दिवंगत नेता की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया बैठक में पारित प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने कहा कि श्री पासवान के निधन से राष्ट्र ने प्रमुख नेता विशिष्ट सांसद और सक्षम प्रशासक खो दिया है मंत्रिमंडल ने राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार करने की भी मंजूरी दी कल पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा

जिले में अब तक एक हजार नौ सौ सन्तानवे लोग संकमित हो चुके हैं इनमें से एक हजार पांच सौ पिन्वानवे लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि संकमण से सत्तावन लोगों की मृत्यु हुई है

सतना के जिला अस्पताल में अब केन्द्रीयकृत ऑक्सीजन सिस्टम की सुविधा मिल गई है सांसद गणेश सिंह ने दस लाख रुपये की सहायता देकर यह सुविधा शुरू कराई है इससे आईसीयू में भर्ती रोगियों को लाभ होगा कोरोना अपील जाने माने समाजसेवी और पर्यावरणविद् पद्मश्री टी जी के मेनन ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की

अपील मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी